शिमला में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बच्चों को खुराक पिलाकर इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारम्भ किया उन्होंने अभिभावकों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के हीरानगर में विधायक नरेन्द्र ठाकुर बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाकुर जबकि चम्बा में उपायुक्त विवेक भाटिया और ऊना में उपायुक्त संदीप कुमार ने पोलियो अभियान की शुरूआत की किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित चम्बा ज़िले के भरमौर उपमण्डल में बर्फबारी से संपर्क मार्ग अवरूद्व रहने के चलते इन क्षेत्रों में ये अभियान नहीं चलाया जा सका इन जिलों में पोलियो अभियान मौसम अनुकूल होने पर चलाया जाएगा

पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और अध्यापक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री प्रश्नों के उत्तर देंगे और चुनिंदा विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से उबरने के बारे में विचार विमर्श करेंगे शिक्षक छात्र और उनके माता पिता इस कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

इस वर्ष का विषय है साक्षर मतदाता मजबूत लोकतंत्र शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बेरोज़गारी व महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बेरोज़गारी दूर करने के उद्देश्य से स्वरोज़गार के लिए कौशल विकास निगम की स्थापना की थी लेकिन आज इस संस्थान का कोई पता नहीं है कुलदीप राठौर ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की भी सरकार से मांग की है ध्मल हमीरपुर जिले में सुजानपुर के लोहारी में बास्केटबॉल खेल मैदान का पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने आज लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि खेल मैदान के माध्यम से बच्चों में एकाग्रता भाईचारे और अलग अलग संस्कृतियों का समावेश होता है उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे जैसी बुराई से दूर रहने और खेलों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया बिजली किन्नौर ज़िले में विद्युत विभाग ने अधिकतर इलाकों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिले के दूरदराज़ व सीमावर्ती गांव कुन्नू चारंग और छितकुल में फिलहाल बिजली बहाल नहीं हो पाई है विभाग के वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता टाशी नेगी ने बताया कि इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण सामान पहुंचाना मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं दूसरी ओर रिब्बा पंचायत में कल शाम ग्लेशियर आने से फल बागीचों को लाखों का नुकसान हुआ है

ये उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी मौसम प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में कल हुए हिमपात के बाद शीतलहर और तेज़ हो गई है बर्फबारी से लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में संपर्क मार्ग अभी भी अवरूद्ध है इसके अलावा इन क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के जमने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

इसी तरह किन्नौर चम्बा कुल्लू और शिमला ज़िले के अनेक भागों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है

समारोह हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय ब्राहल्डी के वार्षिक समारोह में विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने आज मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने का एक उचित माध्यम है उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये योजना रेहड़ी फड़ी का कार्य करने वाले गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है